इसके लिये समान सिद्वांतों के साथ तेज गति और समन्वय की जरूरत है

बैठक के दौरान दवाओं ऑक्सीजन वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राज्य में होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों की स्वास्थ्य मापदंडों के साथ नियमित निगरानी करने और नये मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षण संख्या बढ़ाने पर जोर दिया हैं

इसलिए होम आईसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करना जरूरी है

इसके बाद वे हमीरपुर जाएंगे मुख्यमंत्री हमीरपुर में भी कोविड महामारी की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे उनका आज हमीरपुर में ठहरने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री कल शिमला वापिस लौटेंगे चैत्र नवरात्र के छठे दिन आज मां दूर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है माता ने अपने इस पुत्री स्वरूप से पिता के कुल की रक्षा का संदेश दिया है मंदिरों में कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे है प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कल लगातार द्रसरे दिन लाहौल स्पिति किन्नौर क्ल्लू व चंबा के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर बर्फबारी हुई जबकि मैदानी व मध्यपर्वतीय भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश हई ताजा वर्षा व बर्फबारी से लोगों को पिछले कई हफतों से चल रहे सूखे से हल्की राहत मिली है और प्रदेश में मौसम सुहावना हो गया है हालांकि इस बारिश से निचले मैदानी क्षेत्रों में तैयार गेहं की फसलों को नुकसान पहंचा है राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूले पंचायतें सीएम जयराम के प्रधानों को कोविड नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है लॉकडाउन के पक्ष में नहीं सरकार कोरोना के मामलों में आया उछाल अधिक खतरनाक व च्नौतीपूर्ण आपका फैसला के शब्द है नो मास्क नो सर्विस नीति का कड़ाई से करवाया जाए पालन

दिव्य हिमाचल लिखता है शानन का पैनस्टाक फटा भारी नुकसान उत्पादन ठप्प

अमर उजाला की एक खबर है सरकार के निर्णयों पर विरोधाभासी ब्यान दिया तो कार्रवाही उच्च शिक्षा निदेशालय का शिक्षक संघों और कर्मचारियों पर शिंकजा मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रोहतांग मणिमहेश में हिमपात कई जगह ओलावृष्टि बारिश से फसलों को नुकसान